सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है वीरेन्द्र कंवर इधर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि नए कृषि विधेयकों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का प्रावधान है और इससे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा उन्होंने कहा कि विधेयकों में केवल किसान हित के संरक्षण की बात की गई है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि विधेयकों के तहत कृषि उत्पादों पर टैक्स शून्य होने से किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगा राम स्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि संसद में कृषि बिल पारित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के सपने को साकार किया है उन्होंने कहा कि ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाला है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार उत्पाद को राज्य से बाहर भी दोग्ने मुनाफे पर सीधे तौर पर बेच सकेगा मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनलॉक के चौथे चरण में लोगों से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देने और सावधानी व सजगता से दैनिक कार्य करने की अपील की है प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और अधिक गंभीरता बरतने की जरूरत है एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेशवासियों के नाम जारी संदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है

उन्होंने इस बात चिंता जताई की प्रदेश में काफी संख्या में कोरोना योद्धा भी संक्रमण की चपेट में आए है

उन्होंने लोगों को अनावश्यक बाहर न निकलने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह भी दी

उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी अन्राग ठाक्र ने बताया कि केन्द्र सरकार ने फर्जी कम्पनियों की पहचान करके उनको बंद करने का विशेष अभियान चलाया उन्होंने कहा कि ये ऐसी कम्पनियां हैं जिनकी कोई परिसम्पतियां नहीं हैं और न ही कोई कारोबार कर रही हैं निरीक्षण परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने राजधानी शिमला के ढली स्थित राज्य पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप का आज औचक निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को वर्कशॉप में एक माह में इलैक्ट्रिक बसों के और अधिक चार्जिंग प्वाईट सहित शैडों का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए परिवहन मंत्री ने निगम कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली

उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल को दो वर्ष में तैयार कर जनता को समर्पित किया जाएगा राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि इसके बनने से घुमारवीं क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर ही हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त सुविधाएं देन के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में नियमित रूप से सुधार किया जा रहा है

मारकंडा ने आज मनाली में पत्रकार वार्ता में कहा कि इस दौरान लाहौल के सिस्सू या केलंग में प्रधानमंत्री की जनसभा भी आयोजित की जाएगी

अधिकांश स्कूलों में प्रधानाचार्यों की देख रेख में सेनेटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार हालांकि विद्यार्थी अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए स्वेच्छा से स्कूल आ सकेंगे इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी अनिवार्य होगी

इसके अलावा बच्चों की ऑनलाईन शिक्षा जारी रहेगी

रक्तदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के तहत भाजपा ने आज नाहन में रक्तदान शिविर लगाया

शिविर के समापन पर विधायक राजीव बिंदल ने रक्तदाताओं का आभार जताया

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए करीब सौ बूथ स्थापित किए गए थे ज़िला मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिन तक घर घर जाकर पोलियो खुराक पिलाई जाएगी शिलान्यास चम्बा विधानसभा क्षेत्र में मंगला टपूण जीप योग्य सड़क की विधायक पवन नैयर ने आज आधारशिला रखी

उन्होंने कहा कि चम्बा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में तीन सौ करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं फ़सल बीमा राज्य सरकार किसान हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है लोग अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी कृषि संबंधी दो महत्वपूर्ण विधेयकों को दी मंजूरी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता लोगों से अधिक सतर्क रहने की अपील